उद्योगमंत्री विक्रम ठाकूर ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को शहरी गैस वितरण परियोजना में शामिल करने का केन्द्र से किया आग्रह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को जयंती पर किया गया नमन मौसम साफ रहने पर बर्फबारी से बंद अधिकांश सड़क मार्ग बहाल मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री हैल्पलाईन पर आने वाली शिकायतों के निपटारे को लेकर गंभीर हो गई है और समय पर शिकायतों का निपटारा न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया है आज शिमला में एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हैल्पलाईन की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हैल्पलाईन में आई शिकायत को ैलेकर समय पर उचित कार्यवाही न करने पर शहरी विकास विभाग के तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में आयोजित जनमंच कार्यक्रमों से प्राप्त सभी शिकायतों को मुख्यमंत्री हैल्पलाईन में स्थानांतरित किया जाएगा ताकि इनकी प्रभावी निगरानी के साथ साथ जल्द समाधान भी हो सके मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प हैल्पलाईन को और प्रभावी बनाने के लिए शीघ्र ही एक कमांड कंट्रोल सैंटर स्थापित किया जाएगा जयराम ठाक्र ने मुख्यमंत्री हैल्पलाईन पर आने वाली सभी शिकायतों के समाधान को शीर्ष प्राथमिकता देने के अधिकारियों को निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी विक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को शहरी गैस वितरण परियोजना में शामिल करने का केन्द्र से आग्रह किया है ॅआज नई दिल्ली में प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उभरते अवसरों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हुए उन्होंने ये मामला उठाया विंक्रम ठाकूर ने कहा कि कांगड़ा जिला का डमटाल तेजी से उमरता औद्योगिक क्षेत्र है जिसे शहरी गैस वितरण परियोजना से जोड़ा जाना चाहिए उन्होंने प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों बद्दी नालागढ़ और कालाअम्ब को प्राथमिकता के आधार पर इस परियोजना के तहत शामिल करने का भी अनुरोध किया विक्रम ठाकूर ने कहा कि गैस का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में कचरे के निपटान में भी किया जा सकता है उन्होंने धर्मशाला मनाली और शिमला में अपशिष्ट सामग्री से गैस तैयार करने के लिए विशेष नीति बनाने पर जोर दिया उद्योग मंत्री ने प्रदेश में सीएनजी को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता देने का आग्रह भी किया वीरेन्द्र कंवर प्रदेश सरकार शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों को हर सुविधा देने का प्रयास कर रही है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना जिले के सरोह व कोट विद्यालयों के वार्षिक समारोह में ये बात कही उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश शिक्षण संस्थानों में खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं बाद में उन्होंने सरकारी स्कूल जटेहड़ी के वार्षिक समारोह में भी शिरकत की सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने अनुसूचितजाति व जनजाति से संबंध रखने वाले लोगों के जीवन में आर्थिक व सामाजिक सुधार लाने की जरूरत बताई है आज शिमला में अनुसूचितजाति व जनजाति विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही राजीव सैजल ने इस वर्ग के लोगों से जुड़ी समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर निर्वाचन क्षेत्र के भनाला और भड़ेच विद्यालयों के वार्षिक समारोह में विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ठ रहने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया उन्होंने अध्यापकों से बच्चों के र्स्वांगीण विकास पर ध्यान देने का आग्रह किया

इस अवसर पर हंसराज ने कहा कि लोगों की लभ्बित मांग अब जल्द पूरी होगी उन्होंने कहा कि इससे चम्बा जिले में स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ होंगी

ये उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी

इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला स्थित राजभवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धासुमन अर्पित किए राज्यपाल ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सच्चे देशभक्त थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था परमार उधर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के दरंग में एक समारोह में सुभाष चंद्र बोस को श्रद्वासुमन अर्पित किए उन्होंने वीरनारियों वरिष्ठ पूर्व नागरिकों और स्वतंत्रता सैनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सैनानी थे और उनका योगदान अविस्मरणीय है विपिन परमार ने कहा कि ऐसी महान विभूतियों से युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों मेँ आज दूसरे दिन भी मौसम साफ रहने पर बर्फबारी से प्रभावित इलाकों में बंद सड़क मार्गो को खोलने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति के काजा उपमंडल में कुछ सड़क मार्ग खोल दिए गए हैं जबकि अन्य को खोलने के प्रयास जारी है कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि स्पीति क्षेत्र में भारी बर्फबारी से बंद अधिकांश सडको को खोलने के अलावा बिजली के कुछ ट्रांसफार्मरो को भी सुचारू कर दिया गया है इधर शिमला जिला में डोडरा क्वार उपमंडल को छोड़कर अन्य सभी सड़कें यातायात के लिए खोल दी गई हैं जिला उपायुक्त के अनुसार डोडरा क्वार उपमंडल में सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकर व शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज भी समारोह में शामिल होंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर ँ जिला स्तर पर समारोह आयोजित किए जाएंगे इन समारोहों की तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं इसी कड़ी में सोलन के ठोडो मैदान में होने वाले जिला स्तरीय समारोह में होने वाली परेड को लेकर पूर्वाभ्यास किया जा रहा है पूलिस होमगार्ड एनसीसी और एनएसएस सहित विभिन्न स्कूलों के बच्चे इस पूर्वाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं और परेड को लेकर बेहद उत्साहित हैं

इसी कड़ी में योग सोसाइटी की प्रदेश इकाई व भारतीय योग एसोसिएशन हिमाचल चैप्टर द्वारा भी प्रदेशभर में प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही है

शिविर महिलाओं को स्वच्छता के बारे जागरूक करने के उद्देश्य से संवेदना अभियान के तहत कुल्लू जिले के भूट्ठी गांव में एक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया शिविर की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ऋचा वर्मा ने महिलाओं को मासिक धर्म के समय स्वच्छता का ध्यान रखने की सलाह दी उन्होंने कहा कि इस दौरान साफ सफाई का ध्यान न रखने के कारण महिलाओं में संक्रमण की आशंका कई गुना बढ़ जाती है जिससे वे कई गम्भीर बीमारियों का शिकार हो सकती हैं